झारखंड उच्च न्यायालय ने बाबाधाम और बासुकीनाथ मंदिर खोलने तथा श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर सरकार से मांगा जवाब राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ इकतीस जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक में इस अवधि के दौरान मौजूद हालात के मद्देनजर कुछ और रियायतें देने पर भी सहमति बनी

मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इर्स्तेमाल अनिवार्य होगा इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन क्षेत्रों में रियायत मिली हुई है वह जारी रहेगी लेकिन इंटरस्टेस बस सेवा शॉपिंग मॉल स्पा सैलून होटल धर्मशाला जिम स्विमिंग पूल विद्यालय महाविद्यालय और धार्मिक स्थलों आदि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

पिछले चौबीस घंटे के दौरान जहां बयालीस मरीजों ने कोरोना को मात दी वहीं तीस नए पॉजिटिव मामले भी सामने आए जो नए मरीज मिले हैं उनमें गिरिडीह के छह हजारीबाग के पांच देवघरदुमका और धनबाद के तीन तीन पूर्वी सिंहभूम और चतरा के दो दो और कोडरमा पाक्ड़ सरायकेला बोकारो गोड्डा तथा जामताड़ा के एक एक व्यक्ति शामिल हैं इस तरह राज्य में अभी कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या दो हजार दो सौ पंचान्यबे है इनमें स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या एक हजार छह सौ सैंतालीस है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या छह सौ पैंतीस है और बारह लोगों की मौत हो चुकी है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

गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन विद्यार्थियों को हजारीबाग लाकर सात दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रखा गया है क्वारेंटाइन के दौरान उनके सैंपल लिए जाएंगे और कोरोना संक्रमित नहीं पाए जाने पर उन्हें होम क्वारेंटाइन में भेजा जाएगा

धनबाद जिले में लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियों और वाहनों के परिचालन बंद रहने की वजह से पर्यावरण में सकारात्मक असर देखने को मिला है जिले में प्रदूषण का स्तर घटा है

हालांकि इस दौरान चुनिंदा मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को अनुमति दी जा सकती है गौरतलब है कि देष में कोरोना संक्रमण के कारण तेइस मार्च से ही सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद हैं वहीं पच्चीस मई से घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया जा चुका है राज्य सरकार ने लगातार छह घंटे अथवा उससे अधिक चलनेवाले सभी तरह के वाहनों में दो चालकों को रखना अनिवार्य कर दिया है परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा कि सामान्य तौर पर वाहन चालकों से प्रतिदिन आठ घंटे और सप्ताह में अड़तालीस घंटे ही कार्य लिया जा सकेगा वहीं पांच सौ किलोमीटर से अधिक की यात्रा को लेकर प्रतिदिन दस घंटे और प्रति सप्ताह चौवन घंटे तक उसे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है वहीं इस दौरान वाहन चलाने के लिए दो चालक रखना होगा और उन्हें ड्यूटी समाप्त होने के बाद अगली ड्यूटी के बीच कम से कम नौ घंटे का विश्राम देना भी अनिवार्य होगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि देर से शुल्क की छूट उन करदाताओं के प्रति अन्यायपूर्ण होगी जिन्होंने चौबीस जून की नियत तारीख के भीतर फरवरी से अप्रैल तक का जीएसटी रिटर्न दाखिल कर दिया था

बोर्ड ने अपने कई टवीट में कहा कि हितधारकों को स्पष्ट कर दिया गया था कि विलंब शुल्क की माफी नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल करने की शर्त पर थी इसके लिए करदाताओं से कहा गया था कि यदि वे फरवरी के लिए अपनी रिटर्न पच्चीस जून को दाखिल करते हैं तो उन्हें इक्कीस मार्च से विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डी डी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम आठ बजे किया जाएगा गिरिडीह जिले को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल किए जाने पर यहां के श्रमिक काफी उत्साहित हैं उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपने गांव में ही काम मिल सकेगा और बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी श्रमिकों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया

केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी बोर्ड ने परीक्षार्थियों के अंकों के आंतरिक मूल्यांकन की योजना से भी अदालत को अवगत कराया इसके बाद अदालत ने सीबीएसई को बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए अधिसूचना जारी करने की इजाजत के साथ इससे संबंधित याचिकाओं को निपटारा कर दिया भाजपा के राज्यसभा सांसद समीर उरांव और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार पाहन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंषज रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रषासन के रवैये पर सवाल उठाया है उन्होंने कल साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में रामेष्वर मुर्मू के परिजनों से मुलाकात की उधर दुमका जिले के छात्रों ने इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है

झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर में श्रावणी मेले को लेकर बाबा वैद्यनाथधाम मंदिर खोलने और कांवर यात्रा के संबंध राज्य सरकार से जवाब मांगा है

अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि बाबाधाम मंदिर और वासुकीनाथ मंदिर खोलने के लिए कोई योजना बनाई गई अथवा नहीं अदालत ने इस मामले में बिहार सरकार को भी प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया अदालत ने कहा कि कांवर यात्रा सुलतानगंज से शुरू होती है ऐसे में बिहार सरकार भी अपनी योजना से अवगत कराए इसके अलावा देवघर के उपायुक्त और धर्मरक्षिणी सभा को भी तीस जून तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है संक्षिप्त खबरें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए राज्य और जिलास्तर पर समितियों का गठन कर दिया गया है राज्यस्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे ये समितियां अभियान के संचालन की मॉनिटरिंग करेगी केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए राज्य सरकार को नौ सो करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है यह राशि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के बजट का हिस्सा है झारखंड राज्य शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति पीआरके नायडू बनाए गए हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद राजभवन से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा गांव में करेंट लगने से एक बच्ची की जान चली गई जबकि दो अन्य झुलस गए